ऊना जिला के पंडोगा व कांगड़ा के कंदरौड़ी में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां होगी स्थापित

सांसद वीरेंद्र कश्यप ने प्रदेश सरकार के अब तक के कार्यकाल को बताया विकासात्मक सैजल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री लोक भवन योजना के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में सामुदायिक भवन का निर्माण करेगी

सैजल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश का सर्वागीण विकास हो रहा है इस मौके उन्होंने लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यो के लिए स्वेच्छा व सहमति के आधार पर भूमि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया ताकि विकास को और गति मिल सके महेंद्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है वे आज मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में वार्षिक समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धा के समय में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ विकासात्मक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए तभी वे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं उन्होंने युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने का आहवान किया इस मौके उन्होंने तनेहड़ स्कूल में अखंड ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती पट्टिका का अनावरण भी किया

ये जानकारी आज ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने रोहड् में जिला वालीबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय वालीबॉल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर दी उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में वालीबॉल अकेडमी स्थापित करने के प्रति प्रयासरत है और इस अकेडमी की स्थापना से खिलाड़ियों को खेल निखार सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेगी उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के अलावा ग्राम पंचायत उखली मेहंदली में ग्राम सभा हॉल का उद्घाटन भी किया उद्योग इकाईयां ऊना जिले के पंडोगा व कांगड़ा जिला के कंदरौड़ी में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित होगी मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने इन दो विकसित अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों को नाबार्ड की रियायती ऋण योजना के तहत समेकित सूची में शामिल किया है उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना के बाद इन दो प्रसंस्करणों के अलावा पहले से ही सूची में शामिल सोलन जिले के बायोटैक्नोलॉजी पार्क ओदुवाल जैसे अत्याध्रनिक औद्योगिक क्षेत्र नाबार्ड से रियायती ऋण लेने के पात्र होंगे मुख्य सचिव ने कहा कि ये इकाईयां खाद्य प्रसंस्करण पर राज्य मिशन की योजनाओं के तहत अनुदान के लिए पात्र होंगी बीके अग्रवाल ने कहा कि इससे न केवल राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे

कांगड़ा जिले के जसवां परागपुर में बोलते हुए उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाक्र ने कहा कि आयुष्मान योजना से जिला के लगभग डेढ लाख परिवार लाभान्वित होंगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के क्शल नेतृत्व में जसवां परागुपर विधानसभा क्षेत्र विकास की नई बुलंदी की ओर बढ़ रहा है इससे पहले रक्कड़ में प्रदेश व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा कामगारों के लिए आयोजित एक जागरूकता शिविर में बिक्रम सिंह ठाक्र ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और कामगारों के कल्याण के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई है इस मौके उन्होंने कहा कि सियूल खड्ड से डडक्की संपर्क मार्ग पर दो करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी उन्होंने रक्कड़ व कस्बा जागीर में लोगों की समस्याओं को भी सुना सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज कांगड़ा जिले में करीब डेढ करोड़ रुपए से बनने वाले कैंट नाला पुल का शिलान्यास और सल्ली क्ठारना से करेरी मिडल खास तक बनने वाली सड़क का भूमि प्रजन किया उन्होंने कहा कि इस पुल के बन जाने से क्षेत्र के करीब पांच हजार लोगों को लाभ पहंचेगा एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरवीण चौधरी ने कहा कि करेरी सल्ली जाने के लिए करीब तीन किलोमीटर का सफर कम होगा जिससे पर्यटकों की आवाजाही के साथ स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी

संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होगी समझा जाता है कि दोनों ही दल इन बैठकों में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाएंगे इधर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी लोक अदालत प्रदेशभर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा ऐसी लोक अदालतें भविष्य में भी लगाई जाएंगी वीरेंद्र कश्यप सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने प्रदेश सरकार के अबतक के कार्यकाल को विकासात्मक बताया है सोलन ज़िले के द्रदराज क्षेत्र मांगल व बेरल में विभिन्न कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हुए वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब तक करीब तीन लाख लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जोड़ा है

वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहमत से केन्द्र में सरकार बनाएंगी अनुराग सांसद अनुराग ठाक्र ने एचपीसीए मामले में दायर एफआईआर को उच्चतम न्यायालय द्वारा रदद किए जाने पर इसे सत्य की जीत बताया है अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार ने युवाओं के विकास को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए लेकिन धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रदेश के खिलाड़ियों व खेल को बढ़ावा देने के लिए किया गया था उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि ये फैसला प्रदेश के सभी नवोदित खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की जीत है बिजली ठंड की दस्तक के साथ ही सोलन जिले के अधिकतर इलाकों में बिजली की आंख मिचौली इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है विद्यार्थियों सहित स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना किसी सूचना के लग रहे बिजली कटो से जहां उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है वहीं छात्रों को परीक्षा संबंधी तैयारी करने में भी समस्या आ रही है

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ रहा हालांकि लाहौल स्पीति में दिन भर बादल छाए रहे खराब मौसम के चलते घाटी में कड़ाके की ठंड जारी है

जिले के अधिकतर हिस्सों में पारा गिरने से पानी की पाइपें और पेयजल स्त्रोत जमने शुरू हो गए हैं और लोगों को कंपकंपाती ठंड के साथ वाहन चलाना भी मुश्किल हो गया है घाटी में इंटरनेट सेवा बीएसएनएल की ऑप्टिकल फाइबर कट जाने से पिछले पांच दिनों से बंद पड़ी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान शुष्क मौसम बने रहने की संभावना जताई है